इस योजना का उद्देश्य बिना किसी खर्च के सभी माताओं और नवजात शिश्ओं को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार विश्व स्वास्थ्य मानक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहे हैं

भाजपा व कांग्रेस सहित चुनाव मैदान में उतरे आजाद उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज धर्मशाला में भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया के पक्ष में जनसमर्थन मांगेगे दूसरी ओर धर्मशाला से कांग्रेस उम्मीदवार विजय इंद्र कर्ण के साथ विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री चुनाव प्रचार करेंगे मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने धर्मशाला में नवंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारियों को अंतिम रूप देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे कल शिमला में इन्वेस्टर मीट के लिए गठित आयोजन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को प्रदेश में निवेश के लिए संभावित निवेशकों से सम्पर्क में रहने और समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश भी दिए

इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और लोगों को बेटियों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना है इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने कहा कि इस दौरान कन्याओं के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी कुल्लू दशहरा कुल्लू के प्रसिद्ध ढालपुर मैदान में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की धूम है दशहरे की तीसरी सांस् कृतिक संध्या में कल वन मंत्री गोविंद ठाकुर बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे सांस्कृतिक संध्या में जहां पंजाबी गायक निंजा ने दर्शकों का मनोरंजन किया वहीं श्रीलंका से आए सांस्कृतिक दल ने भी लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी इसके अलावा हरियाणा व कांगड़ा से आए सांस्कृतिक दलों सहित अन्य स्थानीय कलाकारों ने भी अपने अपने कार्यक्रम पेश किए अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबर को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में अगले महीने होने वाली इन्वेस्टर मीट में यूएई बना भागीदार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी दैनिक भास्कर के शब्द हैं यूएई इन्वेस्टर मीट में बनेगा पार्टनर जर्मनी निवेशक भेजने को तैयार आपका फैसला का शीर्षक है प्रदेशवासियों के लिए खुलेंगे विकास व समृद्धि के द्वार अजीत समाचार के अनुसार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हिमाचल दस्तक के मुताबिक धर्मशाला इन्वेस्टर मीट में आएगा संयुक्त अरब अमीरात पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पीजीआई से छुट्टी मिलने की खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है दैनिक जागरण का शीर्षक है वीरभद्र को छुट्टी पीजीआई से लेकर आया सरकारी चौपर

दिव्य हिमाचल का कहना है जयराम ठाकुर ने भेजा सरकारी चौपर चंडीगढ़ से शिमला लौटे वीरभद्र सिंह हिमाचल दस्तक के मुताबिक जयराम के हैलीकॉप्टर में पीजीआई से लौटे वीरभद्र राज्य की राजनीति में पहली बार नई तरह का संदेश चुनाव विभाग से बिंदल की शिकायत शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है विधानसभा अध्यक्ष पर चुनावी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप अमर उजाला के शब्द हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉ बिंदल की चुनाव आयोग से शिकायत आपका फैसला के अनुसार कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजी बिंदल की शिकायत पंजाब केसरी की सुर्खी है मंडलायुक्त ने डीसी सिरमौर के खिलाफ पूरी की जांच केंद्रीय चुनाव आयोग को मेजी रिपोर्ट दैनिक भास्कर का कहना है आचार संहिता उल्लंघन मामले में डीसी के खिलाफ जांच पूरी केंद्रीय च्नाव आयोग को भेजी रिपोर्ट कांगड़ा व डमटाल में हिमाचल और पंजाब के कमांडो ने खंगाले जंगल शीर्षक से अमर उजाला लिखता है दोनों राज्यों की पुलिस ने रेड अलर्ट के बाद चलाया सर्च ऑपरेशन

नमस्कार